इस अवसर पर आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर बिलासपुर में शहीदों को पूष्पांजलि अर्पित करने के बाद शहीद स्मारक स्थल पर भूमि पूजन करेंगें बाद में वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे इस दौरान अवसर पर प्रदेश भर में जिला स्तर पर अनेक कार्यक्रम होंगे मेंट पच्छाद के विधायक सुरेश कश्यप के नेतृत्व में क्षेत्र का एक प्रतिनिधिमंडल कल शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से उनके सरकारी आवास ओक ओवर में मिला प्रतिनिधिमंडल ने पच्छाद क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया इस मौके मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य के दूरवर्ती व पिछड़े क्षेत्रों के अलावा विकास से उपेक्षित क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है इस बीच प्रदेश व्यापार मंडल के एक प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष सोमेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र से भेंट की

जनमंच बिलासपुर के उपायुक्त विवेक भाटिया ने सभी विभागीय अधिकारियों को जनमंच कार्यक्रम में सहयोग करने के निर्देश दिए है उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं का जनमंच कार्यक्रम से पहले निरीक्षण करें ताकि लोगों द्वारा उठाई गई समस्याओं का निवारण संभव हो सके

एचआरटीसी कर्मियों से जुड़ी खबर पर पंजाब केसरी की सुर्खी है एचआरटीसी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोत्तरी जनजातीय क्षेत्रों में सेवाएं देने वाले चालक परिचालकों को दिया जाएगा अतिरिक्त भत्ता

हिमाचल दस्तक के शब्द हैं एचआरटीसी कर्मियों की बल्ले बल्ले नशाखोरी पर मुख्यमंत्री के बयान से जुड़ी खबर को पंजाब केसरी ने शीर्षक दिया है ड्रग माफिया के खिलाफ चलेगा ज्वाइंट ऑप्रेशन अजीत समाचार के शब्द हैं स्कूलों में नशा निवारण को बनाया जाएगा पाठयकम का हिस्सा आपका फैसला के शब्द हैं नशे से निपटने को सरकार ने कसी कमर

सरकार के अधीन होगा ऊना का सदाशिव मंदिर शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है डेढ़ सौ साल पुराने मंदिर के अधिग्रहण को मंत्रिमंडल की मंजूरी

अश्विनी खडड ही निकली प्लास्टिक नदी शीर्षक से दैनिक जागरण ने लिखा है नगर परिषद सोलन को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी किया नोटिस पत्र के अनुसार हिमाचल में भूकंप के हल्के झटके

एक नजर संपादकीय पन्ने पर एक दीप शहीदों के नाम शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर बिलासपुर मे प्रस्तावित शहीद स्मारक को सराहनीय पहल बताते हुए लिखा है कि हिमाचल की ऐतिहासिक तथा वीरगाथाओं पर आयोजित दृश्य एवं श्रव्य कार्यकम शहीद स्मारकों के अलावा विभिन्न कला संग्रहालयों में भी शुरू करने होंगे दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय बेखौफ अपराधी में लिखा है प्रदेश के हर व्यक्ति की सकियता से ही अपराधियों के हौसले कुंद होंगे